मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की हर पंचायत में बैंक खोलने को कहा

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है पी चिदंबरम छब्बीस अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे इससे पहले चिदंबरम को आज दिल्ली स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया सीबीआई ने विशेष अदालत से पूछताछ के लिए चिदंबरम की पांच दिन की हिरासत की मांग की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया बहस के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया घोटाले में अन्य लोगों के साथ षडयंत्र में शामिल थे उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चिदम्बरम से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है ताकि इस बड़े षडयंत्र का खुलासा हो सके वहीं चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने रिमांड की मांग का विरोध करते हुए कहा कि चिदम्बरम इस मामले में एजेंसियों द्वारा उनसे पूछे गये बारह सवालों में से छह का उत्तर पहले ही दे चुके हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा है कि इस वर्ष दिसंबर से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जायेगा फास्टैग प्रणाली में टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है यह प्रणाली लागू होने के बाद फास्टैग युक्त वाहन सभी राष्ट्रीय राजमार्गो पर बने टोल प्लाजा पर बनी विशेष लेन से बिना रूके गुजर सकेंगे इन फास्टैग को बाईस प्रमाणित बैंक विभिन्न माध्यमों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा के बिक्री काउंटरों के साथ ही चुनिंदा बैंकों की शाखाओं से जारी कर रहे हैं सड़क परिवहन मंत्री ने आशा जताई कि मोटर वाहन अधिनियम दो हजार उन्नीस से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और हताहतों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कारोबार कर रहे बैंकों से कहा है कि हर ग्राम पंचायत में बैंक की शाखाएं खोले उन्होंने कहा कि इसके लिये सरकार हर तरह की सहायता देगी और पंचायत भवन में ही बैंक शाखा के लिये जगह उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने बैंकों से अपील की कि शिक्षा ऋण के आवंटन में कोताही न बरते श्री कुमार पटना में आयोजित उनहत्तरवीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बैंकों को राज्य में छोटे और लघु उद्योग लगाने में सहयोग करना चाहिए श्री कुमार ने कहा कि राज्य में व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है और बैंकों के सक्रिय सहयोग से राज्य का विकास तेज गति से संभव हो सकता है बैठक में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के प्रथम तिमाही में विभिन्न बैंकों द्वारा राज्य में वितरित किये गये ऋण की समीक्षा की गयी बैंकर्स समिति की बैठक को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर एमके जैन ने भी संबोधित किया छह दिनों से फरार चल रहे मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है इधर एके सैंतालीस रायफल और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिये ग्यारह स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया है लगभग दो सौ पुलिस अधिकारी और जवान फरार अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिये राज्य के विभिन्न स्थानों समेत झारखंड के कुछ स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रहे हैं ताजा जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अनंत सिंह की संपत्ति की कुर्की की तैयारी कर रही है इधर पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर गृह मंत्रालय ने अनंत सिंह के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है जिसके बाद देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के प्रंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में शहीद जवान लांसनायक रविरंजन कुमार सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया सासाराम स्थित उनके पैतृक गांव डिहरी थाना क्षेत्र के गोपीबिगहा में शहीद जवान को अंतिम विदायी देने के लिये लोगों का हुज़ुम उमड़ पड़ा राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार जय कुमार सिंह बृज किशोर बिंद सांसद गोपाल नारायण सिंह महाबलि सिंह समेत कई सांसदों और विधायकों ने शहीद जवान के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी इससे पूर्व शहीद जवान का पार्थिव शरीर वायुसेना के विशेष हेलीकाप्टर द्वारा डिहरी के सुअरा मैदान में लाया गया लोगों ने भारत माता की जय वंदे मातरम् और शहीद रविरंजन अमर रहें के नारों से आकाश गूंजायमान कर दिया कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि अब तक राज्य के अस्सी प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में धान की रोपनी हो गयी है उन्होंने कहा कि वर्तमान खरीफ मौसम में विषम परिस्थितियों के बावजूद किसानों की अथक परिश्रम रंग लायी है और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में धान की रोपनी के साथ इक्यानवे प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में मक्के की खेती भी की गयी है उन्होंने भरोसा दिलाया कि कुछ क्षेत्रों में सुखाड़ की आशंका को देखते हुए सरकार ने किसानों की हरसंभव सहायता के लिये कार्ययोजना तैयार की है उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानों में भारी बारिश के कारण गंगा का जलस्तर राज्य के कई क्षेत्रों में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है इसके कारण बक्सर बेगूसराय समस्तीपुर मुंगेर और भागलपुर जिले में नदी के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल गया है समस्तीपुर जिले के मोहनपुर और मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है प्रशासन ने इन इलाकों में अलर्ट घोषित कर तटबंधों की चौकसी बढ़ा दी है इधर बेगूसराय में विशनपुर स्थित तटबंध पर नदी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है बक्सर के दियारा क्षेत्रों में कई स्थानों पर गंगा का पानी प्रवेश कर गया है पटना में भी दीघा और गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गयी है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि डाटा अपलोड करने की वजह से सीएफएस सर्वर डाउन हो गया है जिससे शिक्षकों को वेतन भुगतान में परेशानी हो रही है उन्होंने कहा कि एक दो दिनों में इस तकनीकी कमी को दूर कर लिया जायेगा निगरानी की टीम ने रोहतास जिला स्थित राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को नब्बे हजार रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है आरोपी के पटना आवास पर भी निगरानी टीम ने छापेमारी की है निगरानी के पुलिस उपाधीक्षक सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि करगहर प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष की शिकायत पर ये कार्रवाई की गयी कटिहार जिले के बारसोई थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलानापूर में अपराधियों ने एक अंचल कर्मी से पांच लाख रूपये लूट लिये अंचल कर्मी बैंक में चालान जमा कराने जा रहा था वहीं पुलिस के पास जमा चालान के कागज में दो लाख छिहत्तर हजार रूपये की राशि की बात कही गयी है इधर भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के टड़वा गांव के पास अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर एक निजी कंपनी के कर्मचारी सहित दो लोगों को गोली मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया घायलों को भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गवाह सुरक्षा प्राधिकार का गठन किया है प्राधिकार को विभिन्न मामलों में गवाहों को परिस्थितियों के अनुसार उचित सुरक्षा मुहैया कराने के संबंध में निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया है प्राधिकार का अध्यक्ष एक सिटिंग जज होंगे जबकि विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे पटना के दीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी में बालू लदी नाव पलट गयी नाव पर सवार सभी बाईस लोगों को बचा लिया गया है वैशाली जिले के सहदेई थाना अंतर्गत पहाड़पूर तोई गांव में उग्र भीड़ ने बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी

अरवल जिले में अखिल भारतीय खेत मजदूर महासभा द्वारा सात सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की हर पंचायत में बैंक खोलने को कहा